केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इस बारे में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार देश के सभी भागों से बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है

सहभागिता योजना प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सहभागिता योजना शुरू की गई है इस सम्बंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई

ऊर्जा निदेशालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक प्रावधानों को नगर व ग्राम नियोजन विभाग के नियमों में समायोजित करने के बाद प्रदेश में लागू किया जाएगा

जोरदार वर्षा से नाहन में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी प्रभावित हुई है और कुल्लू में खराब मौसम को देखते हुए रिवर राफ्टिंग पर दो दिनों के लिये रोक लगा दी गई है निचले इलाकों में वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत भी मिली है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दसवीं जमा दो के विद्यार्थियों की होंगी अब प्री बोर्ड परीक्षाएं परिणाम सुधारने को शिक्षा विभाग का फैसला दैनिक जागरण का शीर्षक है दो बार होगी प्री बोर्ड की परीक्षा

मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक का शीर्षक है रोड सेफ्टी ऑडिट के बाद ही मिलेगी सड़कें बनाने की मंजूरी दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में रोड सेफ्टी ऑडिट के बाद ही वाहन चलाने के लिये पास होंगी नई सड़कें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है हेलिटैक्सी सेवा का होगा विस्तार वाइबिलिटी गैप फंडिंग का बोझ खुद उठाएगी सरकार जबकि दैनिक जागरण लिखता है जयराम का निर्देश बरसात में बंद न रहे कोई भी सड़क आज दिल्ली को रवाना होंगे सीएम रोड शो कल आपका फैसला की एक खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है निवेशकों को रिझाने आज दिल्ली व अहमदाबाद जाएंगे सीएम जयराम दोनों ही शहरों में होंगे रोड शो व राउंड टेबल सम्मेलन

आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में भारी बारिश भूस्खलन से आधा दर्जन सड़कें हुई बंद

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है निजी अस्पताल खोलने का रास्ता साफ वहीं अमर उजाला का शीर्षक है स्पर स्पेश्यिलिटि अस्पताल खोलने के लिये दस किलोमीटर की शर्त खत्म